वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर विचार के लिये निर्वाचन आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक

प्रमुख राजनैतिक दलों सहित अन्य दल तथा निर्दलीय प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे है इसी कडी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दौसा अलवर और भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में सभाए करेंगे

इधर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज नीमकाथाना और पाटन में जनसभाओं का कार्यक्रम है

इसी के तहत बीकानेर में आज चौथे दिन महिलाओं ने रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया हमारे संवाददाता ने बताया कि रैली के दौरान महिलाएं वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी के नारे लगाती हुई चल रही थी

निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारी और कार्मिक नाचते गाते हुए मतदान केन्द्र पर पहुंचे और लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी दौसा में भी कल वोट बारात के जरिये मतदाताओं को जागरूक किया गया

लोगों ने भीषण गर्मी के बीच उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई

इस बार लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के साथ पहली बार वीवीपेट मशीनों का इस्तेमाल किया गया

इसके लिये प्रतापगढ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन स्ट्रॉग रूम बनाये गये है

आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में यह दवा पिलाई जा रही है

नई धानमंडी में गेहूं की खरीद में सुधार आया है

जयपूर विकास प्राधिकरण आयुक्त ने कल उच्च न्यायालय में पेश होकर इस संबंध में जानकारी दी

गर्मी के मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है दोपहर में सड़के सूनी नजर आने लगी है